मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्रियों से भेंट कर विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का किया आग्रह

धर्मशाला में आज से इंटर स्टेट खेल प्रतियोगिता शुरू शपथ हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने आज प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में शपथ ली शिमला स्थित राजभवन में हुए एक सादे मगर गरिमामय समारोह में प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई मिनिस्टर इन वेटिंग शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहे राज्यपाल को इस अवसर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक वीरमद्र सिंह और मुख्य सचिव विनीत चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस दौरान मौजूद रहे समारोह के बाद कार्यकारी राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने बताया कि हिमाचल एक छोटा व महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहां के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार मिलने से उनके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा है

नई दिल्ली में आज केन्द्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मेंट के दौरान उन्होंने ये आग्रह किया

उन्होंने कहा कि हिमाचल विशेष मौगोलिक स्थितियों वाला पहाड़ी राज्य है और सड़कें इस राज्य की जीवन रेखाएं होने के साथ ही समान विकास सुनिश्चित करने का माध्यम भी है उन्होंने पठानकोट मंडी और शिमला मटोर सड़कों को भारी यातायात के मद्देनजर फोरलेन बनाने का भी आग्रह किया केन्द्रीय मंत्रियों ने इन मामलों पर विचार का आश्वासन दिया सरवीण प्रदेश सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयासरत्त है

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ मलकेहड़ में यह जानकारी दी

मेनका गाँधी केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों से मदरटैरेसा मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे बाल देखमाल गृहों के तुरन्त निरीक्षण करने को कहा है मेनका गांधी ने राज्यों से एक महीने के भीतर यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी बाल देखभाल संस्थान पंजीकृत हैं और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से जुड़े हुए हों सुरेश भारद्वाज सम्पर्क से समर्थन अभियान के तहत शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में प्रदेश लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के एस तोमर से मेंट की इस दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी भी दी सुरेश भारद्वाज ने फागली में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण भी किया

बीएसएनएल बीएसएनएल द्वारा शिमला दूरसंचार जिला के उपमोक्ताओं को जुलाई माह के टेलीफोन और मोबाईल सेवा बिल भेज दिए गए हैं दूरसंचार जिला शिमला में राजस्व जिला शिमला किन्नौर और लाहौल स्पिति जिले की स्पिति घाटी व कुल्लू जिले का निरमंड उपमण्डल शामिल हैं दूरसंचार जिला शिमला के महाप्रबंधक एमसी सिंह ने बताया कि किसी भी कारण से यदि उपमोक्ता को बिल न मिला हो तो वो नजदीकी उपमण्डल अधिकारी या ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं उन्होंने कहा बिल का भुगतान ऑनलाईन भी किया जा सकता है

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज सोलन जिला में नालागढ उपमंडल के बद्दी में भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी बैठक में जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ और हिमाचल के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया

श्रीखंड यात्रा उत्तर भारत की बेहद कठिन श्रीखंड यात्रा के दौरान आज एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई

शव का निरमंड अस्पताल में पोस्टमॉर्टम किया जाएगा बचाव दल उघर किन्नौर जिले की किन्नर कैलाश परिक्रमा के लिए गए दो साघुओं को आज सुरक्षित निकाल लिया गया है

सांगला के एसएचओ ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में रैस्कयू टीम ने इन्हें छितकुल दर्रे से सुरक्षित निकाला गोबिंद परिवहन व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने धर्मशाला के इनडोर स्टेडियम में आज इंटर स्टेट स्पोर्टस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

इस मौके पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई खेल नीति जल्द ही लाई जाएगी उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए खेल विधेयक बिल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा गोबिंद ठाकुर ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है इससे पहले उन्होंने पुलिस मैदान में पौध रोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यकम में अर्जुन का पौधा रोपित किया गोबिंद ठाकुर ने कहा कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस बार प्रदेश में बड़े स्तर पर पौध रोपण किया गया है

इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और अभिभावकों व अध्यापकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का आहवान किया वीरेन्द्र कश्यप ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहित केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी

भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के रिजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से लगाई जाने वाली इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उदघाटन विघानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे

इसमें केन्द्र सरकार के पिछले चार वर्ष के कार्यकाल के कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी इस बीच भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ शाखा द्वारा नाहन में आज जिले के पत्रकारों के लिए एक मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप आयोजित की गई जिसका विषय ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का सुधार रखा गया था इस अवसर पर पीआईबी के एडीजी ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में स्थानीय पत्रकारों का बड़ा योगदान रहता है उन्होंने पत्रकारों से तथ्य परक सूचनाओं के साथ लोगों की समस्याओं को उजागर करने का आग्रह किया समझौता ज्ञापन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और एसजेवीएन फांउडेशन शिमला के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं

विश्वविद्यालय की ओर से विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर और एसजेवीएन के एजी एम अवदेश प्रसाद ने एक वर्ष के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

परविन्द्र शर्मा ने बताया कि एनसीडीसी दिल्ली से दो डॉक्टर बिलासपुर पहुंचे हैं जो डेंगू के लक्षणों और इसके बचाव पर कार्य कर रहे हैं उन्होंने लोगों को घरों के आसपास साफ सफाई रखने व कीटनाशक स्प्रे करने की सलाह दी ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सकें

कांगड़ा की पर्यटन व नागर विमानन उपनिदेशक मधु चौधरी ने बताया कि ये निर्णय लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है